उच्च न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय के सम्बन्ध में विधानसभा अध्यक्ष को मामला तय करने को कहा

विधायी कार्य निपटाने के कारण आज प्रश्नकाल और शून्यकाल स्थगित कर दिये गये विपक्षी विधायकों द्वारा विधेयकों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय नहीं दिये जाने का विरोध करने पर सदन ने प्रतिपेक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ को सदन से निलंबित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया जिसका भाजपा सदस्यों ने जमकर विरोध किया भाजपा सदस्य वैल में आकर धरने पर बैठ गये जिसके बाद सदन की कार्यवाही चार बार स्थगित करनी पड़ी सदन फिर से शुरु हुआ तो प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चन्द कटारिया ने सरकार के रवैये पर विरोध दर्ज कराया और कहा कि जो विधेयक आज सदन के पटल पर रखे गये उन पर चर्चा के लिए समय दिया जाए

इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई

न्यायमूर्ति महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर की याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा श्री दिलावर की याचिका को रद्द किये जाने के आदेश को भी अपास्त किया उधर श्री दिलावर ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को शिरोधार्य बताते हुए कहा कि इस बारे में कानुनी सलाह लेकर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी

पार्टी में नेतृत्व के मामले को लेकर इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है पार्टी महासचिव वेण गोपाल ने बताया है कि इस बैठक में देश की राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा होगी हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि कार्यसमिति उनके स्थान पर नया अध्यक्ष चुने जाने पर विचार करें इस बैठक में डॉक्टर मनमोहन सिंह अशोक गहलोत अमरिन्दर सिंह भूपेश सिंह बघेल पी चिदंबरम एके अंटनी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं

प्रधानमंत्री ने टवीट कर कहा कि उन्होंने देश की समर्पित सेवा की थी वित्त मंत्रालय ने टवीट केर माल और सेवाकर जीएसटी को लागू करने में श्री जेटली के योगदान की सराहना की

विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी कई मंत्रियों और विधायकों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रृद्धांजलि दी श्री मिर्घा के पैतृक गांव नागौर जिले के कुचेरा में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई

उंधर बीकानेर में प्लाज्मा थेरेपी शुरु होने के बाद से कोरोना मरीजों को फायदा मिल रहा है जिले के पीबीएम अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर देवराज आर्य ने बताया कि प्लाज्मा डोनेशन के लिए समाज के हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है

प्लाज्मा डोनर शराफत अली ने बताया कि ओर लोगोँ को भी प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आना चाहिए

जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बछामदी गांव में लोगों को कोरोना के प्रति जागरुक रहने की शपथ दिलाई

यह मौजूदा सक्रिय मामलों से तीन गुना से ऊपर है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

पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने बताया ै कि पुलिस द्वारा सर्वाधिक सक्रिय वांछित अपराधियों और आपराधिक तत्वों की गतिविधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है

वहीं कई नदियां भी उफान पर हैं बांसवाड़ा में दो दिन हुई तेज बारिश के बाद आज सुबह हल्की ब्रंदा बांदी हुई जिले में माही बजाज सागर बांध के आठ गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है

वहीं मध्यप्रदेश में हो रही बारिश के चलते जिले से गुजरने वाली पार्वती नदी में पानी की आवक होने से खतौली पूलिया पर पानी का बहाव बना हुआ है सिरोही जिले में तीन बांधों पर चादर चल रही है सवाईमाघोपुर में आज तीसरे दिन भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा

जालौर में पिछले दिनों से लगातार भारी बारिश के बाद आज जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने लोगों से जरूरी काम होने पर ही घरों से निकलने की अपील की है

इस बीच मौसम विभाग ने आज बाड़मेर जालौर पाली तथा जोधपुर जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है विभाग ने सिरोही अजमेर भीलवाड़ा तथा राजसमंद जिलों में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्ति की है

सरकार ने इस बात का पूरी तरह खंडन करते हुए कहा है कि इस तरह की कोई योजना नहीं है सरकार ने लोगों को इस तरह के भ्रामक दुष्प्रचार से बचने की सलाह दी है

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें